केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस फैसले से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है मतदाता जागरूकता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर विभिन्न जिला मुख्यालय स्तर पर कल मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया चम्बा में अतिरिक्त उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जागरूकता मंच का शुभारम्भ किया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से इसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए कुल्लू में उपायुक्त युनूस ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव में जिले में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने की जरूरत बताई सिरमौर के सहायक आयुक्त एसएस राठौर ने नाहन में हुए कार्यक्रम में सभी नागरिकों को पहचान पत्र बनाकर मतदान करने पर बल दिया शिमला में हुए कार्यक्रम में उपायुक्त अमित कश्यप में मतदाता जागरूकता मंच के उद्देश्यों की जानकारी दी

अतिरिक्त मुख्य सचिव आर डी धीमान ने शिमला में मलेरिया समन्वय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही

आर डी धीमान ने सूचना शिक्षा और संचार जैसी गतिविधियों पर बल देते हुए कहा कि मच्छरों के प्रकोप के बारे में शैक्षणिक संस्थानों आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायती राज संस्थाओं में जानकारी दी जानी चाहिए अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर आज से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे वे नादौन में भारत सरकार की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमैंट योजना के तहत होने वाले विद्युतीकरण कार्यो का शुभारंभ करने के बादकृषि विज्ञान केन्द्र बड़ा में किसान मेले में शिरकत करेंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने राज्य योजना बोर्ड की बैठक से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है प्रदेश के बजट में शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन पर रहेगा फोकस दैनिक जागरण के शब्द हैं सामाजिक क्षेत्र ग्रामीण सड़कें प्राथमिकता

हिमाचल दस्तक के अनुसार एससी एसटी सब प्लान बजट बढ़ा सामाजिक सेवा पहली प्राथमिकता

प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है दिग्गजों में मचे घमासान को शांत करने शिमला पहुंची कांग्रेस प्रभारी दैनिक जागरण के शब्द हैं राठौर की ताजपोशी पर मंच साझा करेंगे वीरभद्र सुक्खू

इसी पत्र के अनुसार हिमाचल में आठवीं के दस फीसदी छात्र नहीं पढ़ पा रहे दूसरी का पाठ पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बयान से हिमाचल कांग्रेस में मचे घमासान को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है कुलदीप की ताजपोशी से पहले इस्तीफों की झड़ी अमर उजाला के शब्द हैं हमीरपुर ऊना सोलन और बिलासपुर में कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे

कशर मालिकों को स्थायी राहत दिलाने फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार दैनिक भास्कर की एक खबर है मुफत किताबें वर्दी व भोजन फिर भी दाखिले कम दैनिक जागरण की एक खबर है

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर देंवी रेल सर्किट तक शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है हिमाचली सांसदों विधायकों और मंत्रियों को कनेक्टिविटी के तीन प्रवेश द्वारों से अपने मकसद जोड़ने चाहिए ताकि ऊना से रेल तथा कांगड़ा से हवाई सेवा का विस्तार संभव हो पाए

शीर्षक है निवेश के लिए हिमाचल की गुजरात से गर्जना